आज नई दिल्ली में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ठ योगदान के लिए चुनिंदा कम्पनियों को राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सीएसआर को और अधिक कारगर बनाने का प्रयास कर रही है इसी साल सीएसआर गतिविधियों के दायरे को बढाकर इनमें शोध इनक्यूबेटर्स की ज्यादा श्रेणियों को शामिल किया गया है राष्ट्रपति ने कहा कि कॉरपोरेट जगत को समाज के वंचित वर्गो की सेवा के लिए अपने कर्मचारियों को संवेदी बनाने की जरूरत है उन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कॉरपोरेट जगत के योगदान को बहुमूल्य बताया गौरतलब है कि ये पुरस्कार कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं

श्री बोबड़े बॉम्बे उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और स्थायी न्यायाधीश भी रहे हैं

श्री अरोड़ा ने आज श्रीगंगानगर में नगर परिषद चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि टिकट वितरण में पार्टी के लिए समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता को प्राथमिकता मिलेगी और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा उधर केन्द्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का असर राजस्थान में निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा

उनका जयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था उन्होंने कल देर रात अंतिम सांस ली वे देवली और उनियारा विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक रहे आज शाम उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिग्विजय सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है

इस मौके पर मोहम्मद ने कहा कि महिला महाविद्यालय शुरु होने से क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध होगें प्रदेश में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और सात घायल हो गए

एक अन्य सड़क दुर्घटना जैसलमेर के चांदना गांव के पास हुई जिसमें गुजरात के पांच पर्यटक घायल हो गए इन सभी को जैसलमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इसके लिए दोनों देशों की सैन्य ट्कड़ियां बीकानेर पहंच गई हैं रक्षा प्रवक्ता कर्नल सोंबित घोष ने बताया कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचने पर भारतीय सेना की ओर से फ़ांसिसी सेना की ट्कड़ी का परम्परागत तरीके से स्वागत किया गया

यह युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र नियमों के तहत अर्द्व रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केन्द्रित होगा

भाईयों की लम्बी आयु की कामना के साथ बहने उन्हें तिलक लगा कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रही हैं अलवर सहित कई स्थानों पर आज महिलाओं ने जेल पहुंचकर कैदियों को तिलक लगाया और उन्हें मिठाई खिलाई

आज ही प्रदेश में कई जगहो पर मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जा रहा है प्रदेश के झालावाड़ और ब्रंदी जिले में किसानों ने लोक देवता घासभैरूजी की सवारी निकाली उधर बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई जगह धीचकड़ा उत्सव मनाया गया

पहले दिन बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई